मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से एक बार फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुडने की अपील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

दस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति का जायजा ले हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य मिल कर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और स्थिति पर सतर्कतापूर्ण नजर रखते हुए समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने राज्यों द्वारा उठाई गई बातों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए प्रधानमंत्री ने कोविड मामलों की जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उत्पन्न स्थिति कमो देखते हुए टीकाकरण अभियान तेज किया जाना चाहिए बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार जीवन रक्षा को सर्वोपर्रि रखते हुए ऑक्सीजन दवाओं और अन्य संसाधनों की योजनाबद्व आपूर्ति सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री ने बैठक में कोविड संकमण की रोकथाम और उपचार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को आखिरी हथियार मानते हुए प्रदेश में नवाचार के रूप में जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया है

कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे

ई मित्र और आधार केन्द्र को खोले जा सकेगें

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के मद्देनजर द्कानों के समय में बदलाव किया गया है

प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में टीकाकरण जारी है विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने आज जयप्र में विधान सभा परिसर में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई डॉ सीपी जोशी ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि मास्क अवश्य लगाएं बार बार हाथों को साफ करते रहें आरैर सामाजिक दूरी भी बनाये रखें

सभी जिलों में प्रशासन चिकित्सा विभाग और अन्य संबंध विभाग इसमें जुटे हैं जयपुर में आज जिला कलक्टर की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की बैठक हुई सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ साथ आयुर्वेद विभाग भी पूरी तत्परता से जुटा हुआ है

झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने आज आक्सीजन प्लांट का दौरा किया और ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ साथ सप्लाई की जानकारी ली

उन्होंने बताया कि भरतपुर में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बैड की कोई कमी नहीं है

जिला मुख्यालयों उपखंड और तहसील मुख्यालयों पर गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जन अनुशासन पखवाड़ा के क्रियान्वयन और कोविड प्रबंधन से संबंधित बैठक में विभिन्न कार्यो की समीक्षा की

वहीं झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने आम जनता के लिए अपील जारी की है जिसमें लोगों से घरों में ही रहने का आग्रह किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग लापरवाही और जानकारी के अभाव में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जुडी नहीं रहे हैं उन्होंने ऐसे लोगों से चिरंजीवी योजना के लिये पंजीकरण करवाने की अपील की उन्होंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली युवा पीढ़ी का आहवान किया है कि वे अपने आसपास के लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जानकारी दें और नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर उनका योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं

इस बीच मौसम विभाग ने जयपुर बीकानेर जोधपुर और अजमेर संभागों में फिर से मेघगर्जन और हल्की बारिश की संभावना जताई है वहीं पश्चिमी और सरहदी जिलों में आंधी चलने की संभावना है